कल शिमला में हुई खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही बिक्रम ठाक्र ने अधिकारियों को नई परियोजना व प्रस्ताव तैयार करने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके उन्होंने अधिकारियों को नए उत्साह से कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि चुनौतियों को बावजूद लगातार प्रयासों से सफलता हासिल की जा सकती है

मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने शिमला में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत शुन्य लागत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राज्यस्तरीय कार्यबल की बैठक में ये जानकारी दी

सोलन में एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि महिलाओं को समय पर न्याय मिल सके उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने महिला पुलिस थाने खेले हैं और महिलाएं मोबाइल से शक्ति बटन एप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं मौसम प्रदेश में मॉनसून के सामान्य बने रहने से कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है जबकि कुछ क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं हालांकि मैदानी इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा के साथ ध्रंध छाई है

विभाग ने आज व कल मध्यवर्ती और निचले मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी से बहत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में अलर्ट सुरक्षा पहरा बढ़ाया गया पुलिस मुख्यालय से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी

दिव्य हिमाचल की खबर है हिमाचल को टूरिज्म में दो अवार्ड बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के साथ सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन ऑफ द ईयर का खिताब आपका फैसला लिखता है शिमला में धरने व प्रदर्शन करने को अब लेनी होगी एनओसी